उन्होंने नई दिल्ली में इस पैकेज के बारे में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं वित्तमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये के कृषि ब्नियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है

उन्होंने बताया कि द्रग्ध उत्पादक किसानों के लिए पांच हजार करोड रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है मध्मक्खी पालन को बढावा देने के लिए पांच सौ करोड रूपये का प्रावधान किया जाएगा श्रीमती सीतारामन ने बताया कि क्षेत्रीय मंडी का नेटवर्क तैयार किया जाएगा

ईटानगर में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार असम और अन्य राज्यों से बातचीत कर फंसे हए लोगों को वापस लाने के लिए विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था कर रही है म्ख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में फंसे लोगों को स्विधा उपलब्ध कराए जाने के बाद वे अपने गृह राज्य लौट गए हैं और क्छ अभी भी राहत शिविरों में रह रहे है उन्होंने सभी फंसे कामगारों को राज्य नहीं छोड़ने की अपील करते हए कहा कि अरुणाचल प्रदेश ग्रीन होन में है और स्रक्षित है श्री खांड्र ने कहा कि ग़ह आय्क्त के नेतृत्व में राज्य के लिए नई इनर लाइन परमिट का प्रारुप तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य के फंसे सभी लोगों के वापस आने के बाद नई इनर लाइन परमिट के अंतर्गत बाहरी लोगों के लिए अरुणाचल को खोल दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि नौ सौ से अधिक वाहन जब्त किये गए और उल्लंघन करने वालों से बीस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया

उन्होंने कहा कि वाहनों को संक्रमण रहित करने के साथ साथ असम अरुणाचल सीमा के बारह प्रवेश द्वारों को सेनिटाइज किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ड्यूटि पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किये जा रहे है प्लिस महानिदेशक ने कहा कि पचास वर्ष से अधिक आय् वाले प्लिसकर्मियों की संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात नहीं की जा रही हैं उन्होंने कहा कि प्लिस महिला विंग कर्मी सभी स्टाफ के लिए मास्क बना रही है

गिरफ्तार कैडर की पहचान एस एस सर्जेंट मेजर प्मान वांग्सू के रुप में किया गया है और उनका पिछले वर्ष पूर्व विधायक एवं दस अन्य व्यक्तियों की हत्या में शामिल होने का संदेह हैं